इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क से प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों तथा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यूडब्लयू डब्लयू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन से भी ये प्रसारण सुना जा सकेगा

उन्होंने कहा कि इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत और सतत पर्यटन विषयों पर भी विभिन्न राज्य प्रस्तुती देंगे शिमला में इस तरह का ये दूसरा बड़ा सम्मेलन होगा भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में तीन दिवसीय पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है इस दौरान देश के विभिन्न भागों में सशस्त्र सेनाओं के साहस शौर्य और बलिदान को प्रदर्शित करने के लिए प्रदशर्नियां भी लगाई गई हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपना नाम दर्ज करवाना हटाना या द्रूस्त करवाना चाहता है तो वो संबंधित एसडीएम तहसील व ब्रथ लेवल अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में कल पोषण व स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रैली निकाली गई जिसमें कल्पा पूह व निचार विकास खण्ड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व महिलाओं ने भाग लिया जिला कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन नेगी ने महिलाओं को पौष्टिक आहार का उपयोग करने व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने संबंधी जानकारी दी

अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है प्रदेश के मुख्य सचिव की सेवानिवृति से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है विनीत चौधरी रिटायर नए सीएस पर फैसला नहीं ले सकी सरकार दैनिक जागरण के शब्द है एक दिन और बढ़ा मुख्य सचिव का इंतजार पंजाब केसरी की सुर्खी है मुख्य सचिव विनीत चौधरी सेवानिवृत नए पर फैसला नहीं हिमाचल दस्तक लिखता है आज मिलेगा नया मुख्य सचिव दिनभर बीके अग्रवाल और बाल्दी के चेहरे पढ़ते रहे लोग बढ़े हुए बस किराऐ पर अमर उजाला लिखता है विरोध दरकिनार कर सरकार ने लागू किया बढ़ा हुआ बस किराया अधिसूचना जारी नई दरें वसूलना शुरू न्यूनतम किराया अब छह रुपये दिव्य हिमाचल के अनुसार प्रदेश में बढ़े बस किराये की वसूली शुरू जयराम सरकार ने जारी की अधिसूचना अजीत समाचार की सुखी है हिमाचल में बस सफर हुआ महंगा

आपका फैसला के शब्द हैं बर्फीले रेगीस्तान में कैद साढ़े पांच हजार लोगों को मिला नया जीवनदान प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑप्रेशन समाप्त

पंजाब केसरी की एक खबर है बर्फ में दफनाया नेपाली निकला जिंदा भर्ती घोटाला नाम वापसी याचिका मामले में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल पेश अमर उजाला की एक खबर है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेश पर हिमाचल दस्तक की एक खबर है पीटीए पर सुप्रीम कोर्ट से पुछो या सर्शत रेगुलर करो

दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय खेती से खुशहाली में लिखता है कि हिमाचल में शून्य लागत खेती की पहल किसानों और प्रदेश की तरक्की के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी यह प्रयास बंजर भुमि को हरा भरा भी बनाएगा